इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य हिंदी भाषा में सुनिश्चित बनाया जा रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि हिंदी शब्दावली से अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित करवाने के उददेश्य से भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न प्रस्तकों व शब्द कोष का प्रकाशन किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कठिन शब्दों का सरल शब्दों में अनुवाद किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंदी के आधार को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये भाषा बच्चों और युवाओं में लोकप्रिय बन सके जनघन योजना केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने तथा इसके तहत बैंक खाते खोलने के वास्ते लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का निर्णय लिया है नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सविधा दोगनी करते हुए पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है

नये ुरू पे कार्ड धारकों के लिए द्र्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पलहोड़ी में जनसमस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा में बताया कि इसे मंजूरी के लिए जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा

उन्होंने बताया कि गिरी नदी से प्रस्तावित इस प्रोजैक्ट के लिए तीन बोरवैल बनाए जाएंगे माजपा बैठक शिमला जिला भाजपा कार्यसमिति की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सूद ने की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मुददों पर चर्चा की गई इस मौके प्रदेश संगठन पवन राणा ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित की जाएगी सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े चार वर्षों में देश को विश्व में नई उंचाईयों पर लाया है उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र से लेकर बूथ स्तर तक योजनाओं पर काम कर रही है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार का जनमंच कार्यक्रम लोगो की समस्याओं का समाधान करने का एक बेहद सराहनीय कदम है

इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन बेहद जरूरी है बिकम ठाक्र ने कहा कि खेल के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और विद्यार्थी इस क्षेत्र को अपनाकर भी अपना भविष्य उज्जल कर सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और खेल प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों की डाईट व परिवहन व्यवस्था के लिए भी योजना बनाई जा रही है अवार्ड आईजीएमसी शिमला के मैडिसन विभाग के प्रौफेसर डॉक्टर जितेन्द्र कुमार मोक्टा को ऑस्कर ई एडवर्ड मैमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रदान किया गया डॉक्टर मोक्टा ये सम्मान पाने वाले देश व प्रदेश के पहले डॉक्टर हैं प्रदेश के ग्रामीण व दूर्गम क्षेत्रों में सराहनीय स्वैच्छिक सेवाएं देने पर उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है दुर्घटना चंबा जिले के साहू बाजार में आज एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर चली गई जिससे वहां बैठी एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि चार अन्य घायल हए हैं मृतक महिला की पहचान यूनुस वेगम गांव देहरी के रूप में की गई है